शीर्ष न्यायालय ने सड़क दुर्घटना के दोषियों पर केवल मोटर वाहन अधिनियम के तहत अभियोग चलाने का गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया भारतीय दंड संहिता के तहत मोटर वाहन दुर्घटना के दोषियों की सजा मोटर वाहन अधिनियम की तुलना में अधिक सख्त है न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि अदालतों से सजा अपराध की गंभीरता के अनुरूप मिलनी चाहिए और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ठोस असर पड़ना चाहिए पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर सड़क दुर्घटना के दोषियों के साथ कड़ाई बरतने पर जोर दिया है स्लग भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्योग जगत से राज्य के द्रस्थ क्षेत्रों में उद्योग लगाने की अपील की उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए हमें भूमि प्रबंधन पर ध्यान देना होगा शनिवार शाम देहरादून में उत्तराखण्ड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से राज्यपाल कोश्यारी के अभिनंदन के लिए समारोह आयोजित किया गया इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सांसद अजय भट्ट समेत कई विधायक मौजूद थे इस मौके पर कोश्यारी ने कृषि को मनरेगा से जोड़ने पर बल दिया उन्होंने कहा कि हमें नैनीताल मसूरी की तरह पर्वतीय क्षेत्रों में नए नगर बसाने की दिशा में पहल करनी होगी राज्यपाल कोश्यारी ने केदारनाथ में किये जा रहे पुनर्निर्माण कार्यो की सराहना की और कहा कि ये स्थान देश दुनिया के श्रद्धालुओं के आकर्षण का केन्द्र बनेगा कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड के विकास में कोश्यारी जी का विशेष योगदान रहा है राज्य की दशा और दिशा निर्धारित करने से सम्बन्धित डाक्यूमेंट तैयार करने में उनका सहयोग रहा है सांसद अजय भट्ट ने कहा कि श्री कोश्यारी ने सदैव कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने के लिये मार्गदर्शन दिया है

कार्यक्रम में वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए इस मौके पर वन मंत्री ने कहा कि पौड़ी गढ़वाल का लैंसडौन वन प्रभाग वन्य जीवों के लिए सबसे सुरक्षित क्षेत्र है उन्होंने बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष पर चिंता जतायी और कहा कि यदि जंगल में ही भोजन पानी का इंतजाम हो जाए तो वे आबादी की तरफ नहीं आएंगे वन मंत्री ने कहा कि वे कोटद्वार में बहने वाली खोह नदी को पुनर्जीवित करेंगे जिससे इस क्षेत्र में पानी की किल्लत नहीं होगी जंगली जानवरों को जंगल में ही भरपूर पानी मिलेगा कोटद्वार के लैंसडौन वन प्रभाग के डीएफओ अखिलेश तिवारी ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिये लोगों को वन्य जीवों के प्रति जागरुक किया जा रहा है इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए साथ ही बच्चों को वन्य जीव संरक्षण की शपथ दिलाई गई

दोनों देशो के सैनिकों ने काउंटर टेररिस्ट अभियान के दौरान काम आने वाली रॉक क्लाइम्बिंग तकनीक का अभ्यास किया जिसमें पहाड़ी से नीचे उतरने और चढ़ने के कौशल का प्रदर्शन किया गया साथ ही दुनियाभर में इस्तेमाल होने वाले बम डिफ्यूजल सिस्टम का अभ्यास किया गया दोनों देशों की सैन्य ट्कड़ियों ने आईईडी बम डिस्पोजल तकनीक भी साझा की इस दौरान भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गयी इस सैन्य अभ्यास का मकसद दोनों देशों की सैन्य तकनीक को साझा करना है

स्लग मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन आज अपने तीन दिवसीय भ्रमण के तहत उत्तरकाशी पहुंचे उन्होंने आज बाबा काशी विश्वनाथ मन्दिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की मुख्य न्यायाधीश कल हर्षिल से गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेंगे और गंगा आरती में शामिल होंगे

देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेस की नीति पर काम कर रही है

उन्होंने कहा कि सरकार बागेश्वर चमोली और उत्तरकाशी जैसे पर्वतीय जिलों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी का प्रयास कर रही है इसके लिए पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यहां के उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ उन्हें चेनलाइज कर मार्केटिंग की व्यवस्था की जा रही है

उन्होंने कहा कि पलायन आयोग का गठन कर इसकी जमीनी हकीकत की जानकारी प्राप्त की गई है

उन्होंने कहा कि अब रिवर्स पलायन की दिशा में भी पहल हो रही है और लोग अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं

दुर्गा पूजा के तीसरे दिन महाअष्टमी को इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है आज अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन किया गया अष्टमी को महागौरी का रूप माना जाता है इसलिए इस दिन विधि विधान से कन्याओं का पूजन किया जाना शुभ होता है हरिद्वार में मनसा देवी और चंडी देवी सहित विभिन्न दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही वहीं राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में श्रद्वालुओं ने कन्या पूजन कर मां की पूजा अर्चना की

इस अवसर पर श्री रावत ने कहा कि प्रदेश में फिल्मांकन के लिए सुन्दर प्राकृतिक वातावरण और बेहतर मानव संसाधन की मौजूदगी के कारण फिल्म जगत उत्तराखण्ड में फिल्मों की शूटिंग के लिए आकर्षित हो रहा है मुलाकात के दौरान फिल्म निर्देशक मिलन लुथ्रिया ने बताया कि उनकी अगली फिल्म की अधिकांश शूटिंग इसी माह देहरादून मसूरी ऋषिकेश और हर्षिल में की जायेगी जिसमें स्थानीय कलाकारों को भी अभिनय करने का मौका मिलेगा

सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में भी रामलीला का जीवंत मंचन किया जा रहा है अल्मोड़ा की रामलीला को कुमाऊँ मण्डल की पहली रामलीला मंचन का गौरव प्राप्त है

यहां की रामलीला की खासियत उनकी विशेष गायन पद्धति है जिसमें शास्त्रीय धुनों का समावेश होता है वरिष्ठ रंगकर्मियों और कलाकारों के साथ तीन महीने की कड़ी तालीम के बाद अपने पात्रों का मंचन करते हैं आधुनिक जमाने में भी अल्मोड़ा में रामलीला का जादू ही है जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर खीच लाता है स्लग पटाखे पटाखों से होने वाले प्रदूषण और स्वास्थ्य हानि के मद्देनजर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर ने कम ध्वनि प्रद्षण वाले पटाखे बनाने की एक नई विधि विकसित की है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डा हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में सीएसआईआर द्वारा विकसित कुछ लोकप्रयि पटाखों जैसे गुलनार पेंसिल चक्र और फुलझड़ियों का प्रदर्शन किया उन्होंने घोषणा की कि इस प्रकार के कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे और फुलझड़ियां बाजार में विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के सुझाव के आधार पर नए किस्म के ये पटाखें तैयार किये गए हैं

सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के साथ स्कूली बच्चों और आम लोगों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है इस अभियान के तहत जिला प्रशासन ने शहर के अलग अलग हिस्सों से प्लास्टिक कचरा इकट्टा किया इसके साथ ही स्कूली बच्चों के लिए जागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया कार्यक्रम में बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलायी गई रैली पोस्टर और नुक्कड़ नाटक के जरिये लोगों को अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरुक किया गया साथ ही प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की गई टिहरी के मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि नगर पालिका जिला पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई का कार्य किया जा रहा है